राज्यपाल आज पंजाब के लुधियाना में एक समारोह में उद्योग प्रमुखों और उद्योगपतियों को सम्बोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि पंजाब हरियाणा तथा देश के अन्य भागों में वर्तमान कृषि पद्वतियों से मिट्टी में जहर मिल गया है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है

सरवीण चौधरी को ये पुरस्कार दिल्ली में एक समारोह में दिया गया सरवीण चौधरी ने इस मौके पर कहा कि हिमाचल के शिमला और धर्मशाला जैसे शहर महत्वकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल सरकार धर्मशाला और शिमला को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश तथा विश्व के उत्कृष्ट शहर बनाने के लिए वचनबद्ध है

वीरेन्द्र कंवर ने आज चंबा में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वानरों के आतंक से किसानों को निजात दिलाने के लिए पश्पालन विभाग को शोध करने को कहा गया है उन्होंने ये भी कहा कि बंदरों को वर्मिंग घोषित करने के बावजूद लोग इन्हें मारने से परहेज कर रहे हैं इसलिए सरकार वैकल्पिक कदमों पर विचार कर रही है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि किसानों की पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश भर में वर्षा जल संग्रहण के लिए बड़े टैंकों का निर्माण किया जा रहा है इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी

इसका उद्देश्य दिव्यांगों के हितों की रक्षा करना और समाज में हर वर्ग के दिव्यांगों की बेहतरी के लिए जागरूकता पैदा करना है इस वर्ष का विषय है दिव्यांगों को सशक्त बनाने सहित उन्हें बराबरी का हक दिलाना उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए श्रेष्ठ काम करने वाले व्यक्ति संस्थान संगठन राज्य और जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे इधर प्रदेश में भी इस अवसर पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए

कमेटी को अध्यक्ष रामलाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आरोप पत्र में शामिल किए जाने वाले मुददों पर चर्चा की गई कमेटी ने निर्णय लिया कि अगले एक सप्ताह तक पार्टी के तमाम पदाधिकारियों जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों अग्रणी संगठनों पूर्व विधायकों पंचायत प्रतिनिधियों और आम जनता से चार्जशीट के लिए तथ्य एकत्रित किए जाएंगे

संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सचिनदास को दो दिन पहले ही शिमला जिला के झाकड़ी में उमंग फाउंडेशन से जुड़े दंपत्ति पूजा सेमटा व संदीप शर्मा ने लावारिस हालत में भटकते हुए पाया था संस्था द्वारा सचिनदास को लेकर की गई छानवीन में पता चला कि वह मलकानगिरी में एक मंदिर में पूजारी था और कुछ सप्ताह पहले अपनी माता का निधन हो जाने के कारण मानसिक संतुलन खो बैठा तथा भटकते हुए झाकड़ी तक पहुंच गया